वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अन्त में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिये एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है

वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

श्री चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी खंडवा जिले में आज तीन लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी

सीएम रोजगार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिले उन्होंने कहा कि रोजगार चाहने वाले इतने सक्षम बन जाएं कि एक दिन स्वयं रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में एकीकृत जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपने हुनर से रोजगार दिलवाना आसान होगा प्रदेश में जब कोरोना काल में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से स्किल मेपिंग की गई तो अनेक हुनरमंद सामने आए इनकी संख्या सात लाख से अधिक थी प्रदेश में स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई क्षेत्र तक प्रतिभा को अवसर देकर आगे बढ़ाया जाएगा उन्हें हताश नहीं होने दिया जाएगा

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जायेगी इसके बाद मुख्य अतिथि स्वतंत्रता दिवस पर अपना संदेश देंगे इस बार कोरोना के चलते स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह को संक्षिप्त किया गया है इसके चलते पदक अलंकरण कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है साथ ही पदक प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों को बाद में एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा हमारा घर हमारा विद्यालय कोरोनाकाल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए खंडवा जिले के धनगांव के सरकारी कन्या स्कूल ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत एक अभिनव पहल की है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं जन्माष्टमी प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया कल मनाया जायेगा हालांकि अष्टमी तिथि दो दिनों तक होने के कारण कई स्थानों पर आज भी यह पर्व मनाया गया राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्णप्रणामीगुफामंदिर के साथ साथ पटेलनगर में एस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्णजन्म की झांकिया सजाई गई है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व आज और कल दो दिन तक मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के चलते शहर में नुक्कड़ चौराहे पर मटकी फोड़ के आयोजन भी नहीं होंगे जबलपुर में कृष्ण जन्माष्टमी में शोभायात्रा आयोजित नहीं की जाएगी सीहोर में श्रद्वालुओं द्वारा जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है यहां कल भी जन्माष्टमी मनाई जायेगी आगरमालवा जिले में भी जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है इस मौके पर मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है कोरोना संक्रमण के चलते रायसेन जिले में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विभिन्न परंपरागत कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जायेंगे

कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है

उनके बालिद देवास जिले के सोनकच्छ से रोजगार की तलाश में इंदौर आये और यहीं बस गये राहत इंदौरी का बचपन का नाम कामिल था बाद में इनका नाम बदलकर राहत उल्लाह कर दिया गया राहत साहब का बचपन मुफलिसी में गुजरा राहत ने भोपाल की बरकतल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था राहत ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मीनाक्षी खुद्दार नाराज मर्डर मिशन कश्मीर करीब बेगम जान घातक इश्क जानम सर आशियां और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे उर्दू शायरी ही नहीं हिंदी गीतों के चाहने वालों में राहत इंदौरी हमेशा जीवित रहेंगे उनकी पुरजोश आवाज और हौसलामंद शायरी हमेशा याद आयेगी